झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सन्तानबे प्रतिशत के पार पहुंची अब तक एक लाख तेरह हजार से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ

झारखंड के तीन तीरंदाजों कोमोलिका कृष्णा और आश्रिता को मिली आर्थिक मदद आधुनिक रिकर्व धनुष से साधेंगे निशाना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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों से भरा रहा इस चुनौतीपूर्ण समय में दुनिया भर के भारतीय मूल के साथियों ने अच्छा काम किया वहीं श्री मोदी ने युवाओं से भारत के गौरव और संस्कृति को दुनियाभर में आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया

एक ट्वीट संदेश में श्री नायडु ने कहा है कि प्रवासी भारतीय वसुधैव कुटुंबकम के हमारे सांस्कृतिक दर्शन के प्रतिनिधि हैं झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सन्तानबे दशमलव आठ चार प्रतिशत पहुंच गई है राज्य में अब तक एक लाख तेरह हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं

इसी के साथ राज्य में अबतक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख सोलह हजार चार सौ छत्तीस पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल एक सौ अठासी लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार चार सौ पैसठ रह गई है राज्यभर में कल दो कोरोना संक्रमित की मौत के बाद अब तक मरनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक हजार तैतालीस पहुंच गई है कल मिले नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा एक सौ दो रांची जिले के पॉजिटिव शामिल हैं

संक्रमित मामलों की कुल संख्यां में केवल दो दशमलव एक पांच प्रतिशत संक्रिय मामले ही शेष बचे है

मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत रह गई है जो विश्व में न्यूनतम दरों में से एक है

यहां हर दिन एक सौ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है

इसलिए सभी आपरेटरों को टीके लाने ले जाने के लिए इस दौरान अपने पास अधिक से अधिक मात्रा में सूखी बर्फ की आवश्यकता होगी जिसे विमान में सामान रखने की जगह में रखा जा सकता है

यह दुर्घटना कल आधी रात को हुई इधर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधान मंत्री ने शिशुओं की मौत पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा है कि इस घटना से उन्हें गहरा दुख हुआ है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हृदय विदारक बताते हुए कहा है कि उनकी संवेदनाएं सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है राजधानी रांची में निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी में विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना और इसकी पहचान एजुकेशन हब के रूप में करने की तैयारी है इसे लेकर मुंबई में आयोजित स्वर्णरेखा समिट में कल रांची स्मार्ट सिटी कारपोरेशन के सीईओ अमित कुमार ने कहा कि दिल्ली के बाद रांची स्मार्ट सिटी कारपोरेशन ने मुंबई में समिट कर वहां के निवेशकों को आमंत्रित किया है उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार चाहती है कि रांची को एक बेहतर शिक्षा का केंद्र बनाया जाए उन्होंने कहा कि विश्व के शीर्ष सौ विश्वविद्यालय अगर रांची स्मार्ट सिटी में संस्थान खोलेंगे तो सरकार उन्हें केवल एक रुपए के टोकन मनी पर जमीन उपलब्ध करायेगी श्रीकुमार ने कहा कि हम विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना भी प्रदान कर रहे हैं निवेशकों की परियोजनाओं को विकास के दौरान सरकार की एजेंसियां उनका काम आसान करेंगी

कुलपति डा ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि किसान प्रथम कार्यक्रम के तहत रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के चिपरा और कुडलोंग में किसानों की आय में बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में मधुमक्खी पालन कारगर साबित हो रहा है मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आइसीएआर अटारी के निदेशक डा अंजनि कुमार सिंह ने कहा कि कृषि तकनीकों को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की जरूरत है

पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन से क्षेत्र में बिजली की समस्या दूर होगी

चाईबासा के ये धनुर्धर रिकर्व धनुष से लक्ष्य पर निशाना साधती नजर आयेंगे आश्रिता ने बताया कि जो धनुष बांस से बनी होती है उसके जरिये सिर्फ भारत में ही आर्चरी का खेल खेला जा सकता था लेकिन रिकर्व धनुष से अब विदेशों में भी जाकर खेलने का मौका मिलेगा

आगामी ओलिंपिक के लिये भी कोमालिका का चयन हुआ है और वह इन दिनों पुणे में ओलिंपिक कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है

वरीय परिचालन पदाधिकारी ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना संकमणकाल रेलवे के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहा जिला प्रशासन के सहयोग से लॉकडाउन और अनलॉक में विशेष रेलगाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों के लिए हरसंभव सुविधा उपलब्ध करा कर उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की गयी

रांची से लोहरदगा के अलावा बोकारो और राउरकेला के लिए भी ट्रेन चलने लगी है कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन के फेरे में भी बढ़ोत्तरी की गयी है राजधानी एक्सप्रेस को भी चार दिनों के लिए चलाया जा रहा है हावड़ा पटना मुंबई के अलावा धनबाद एल्लेपी एक्सप्रेस का भी परिचालन शुरू हो गयी है जल्द ही संबलपुर जम्मूतवी ट्रेन भी शुरू हो जाएगी

इसका खुलासा कल एसएसपी सुरेंद्र झा ने प्रेस कांफ्रेंस कर किया राजधानी रांची की अरगोड़ा बस्ती में कचरे की शिकायत मिलने के बाद नगर आयुक्त मुकेश कुमार मेयर आशा लकड़ा और डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय सफाई कर्मियों के दल के साथ पहुंचे और अभियान चला कर वहां से ट्रैक्टर के जरिए कचरा हटाया गया

पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि पुलिस ने घटना में शामिल तीन में से दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में कल रात अगलगी में एक घर में रखे सामान जलकर राख हो गए